सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने के लिए नई राहें नई मंजिलें नामक एक नई योजना शुरू की है

इस योजना से ग्रामीण इलाकों में नए और अनछुए पर्यटन स्थलों को पहचान मिलेगी पशुधन देश के सभी ज़िलों में आज से पशुधन की गणना की जाएगी गणना का ये अभियान सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा इस दौरान टैबलेट या कम्प्यूटर के ज़रिए डाटा संग्रह पर विशेष ज़ोर रहेगा जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति करना है केन्द्र ने सभी राज्यों से ये कार्य शुरू करने का आग्रह किया है

इस अवसर पर आकाशवाणी ने नई दिल्ली में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है इस वर्ष का विषय है विश्व शांति के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण

वृद्धजन दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस भी मनाया जा रहा है वृद्वजन के समस्त मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान उपभोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्वता व्यक्त करते हुए ये दिवस हर वर्ष पहली अक्तूबर को मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है वृद्दजन के मानवाधिकारों का सम्मान नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालजी देसाई ने जयराम नेगी को किन्नौर ज़िला कांग्रेस सेवादल का मुख्य संगठक नियुक्त किया है संगठन के प्रदेश प्रभारी राम विलास रावत और मुख्य संगठक अनुराग शर्मा की सहमति से की गई ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी

मृतकों की पहचान खद्दर निवासी प्रियंका शर्मा और विद्या दत्त के रूप में की गई है जिला पुलिस अधीक्षक ओमाप्ति जम्बाल ने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है बीके अग्रवाल हिमाचल के नए मुख्य सचिव नियुक्त अमर उजाला का शीर्षक है लंबी माथापच्ची के बाद बीके अग्रवाल बने हिमाचल के मुख्य सचिव दिव्य हिमाचल के अनुसार लंबी माथापच्ची के बाद जयराम सरकार ने वरिष्ठता को दिया अधिमान दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बीच अनोखी कड़ी है बीके अग्रवाल

हिमाचल दस्तक का कहना है हिमाचल के छह जिलों और दिल्ली में दे चुके हैं सेवाएं पीटीए अध्यापकों से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला पीटीए अध्यापकों के नियमितीकरण पर दो माह के भीतर निर्णय लेने के आदेश जबकि अमर उजाला लिखता है पीटीए शिक्षकों को दो माह में नियमित करने पर फैसला ले सरकार पर्यटकों के हिमाचल आगमन से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है लाहौल स्पीति में प्रवेश पर अब सैलानियों को भरना पड़ेगा फार्म जबकि आपका फैसला का शीर्षक है अब हिमालय के बर्फीले दर्रों पर लगेंगे हाईटैक सीसीटीवी कैमरे दैनिक भास्कर की एक खबर है अब सब्सिडी पर तीन की जगह मिलेगी चार दालें

अमर उजाला की एक विशेष खबर है कानून व्यवस्था संभालने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए पौध को तैयार कर रही हिमाचल पुलिस पुलिस जवान दे रहे दसवीं के छात्रों को मुफ्त कोचिंग अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय पानी के लिए में लिखा है कि पेयजल संकट पर अब गंभीर न हुए तो भविष्य में बड़े संकट का सामना करना पड़ा सकता है सरकार के साथ लोगों को भी जागना होगा हिमाचल दस्तक अपने संपादकीय में लिखता है कि प्रदेश के छात्र नए नए तरीकों से पढ़ेंगे जिससे विद्यार्थियों की रूचि भी बढ़ेगी और अध्यापकों को पढ़ाने में भी ज्यादा सहुलियत होगी शीर्षक है अब शिक्षा के क्षेत्र में होंगे नए प्रयोग

नमस्कार